इस वर्ष का विषय है विज्ञान से परिवर्तन

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल औपचारिक रूप से इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे

उन्होंने बताया कि सरकार स्टार्टअप और नवाचारियों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को वैज्ञानिकों पर खासकर युवा वैज्ञानिकों पर विशेष रूप से भरोसा है उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षो के दौरान सरकार ने वैज्ञानिकों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की है

केन्द्रीय मंत्री ने नेशनल बाटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्य्ट में बनाये गये विज्ञान गांव में बच्चों से बातचीत भी की उन्होंने कहा कि विज्ञान गांव में बच्चों को लाने का उददेश्य उन्हें विज्ञान को समझने का अवसर देना है उन्होंने कहा कि विज्ञान से विमुख हो रहे छात्रों को महोत्सव में लगाये गये मॉडलों और चीजों को देखकर ज्यादा बेहतर तरीके से सीखने को मिलेगा उन्होंने बताया कि सरकार की जिज्ञासा योजना के तहत हर साल एक लाख बच्चों को देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में ले जाया जाता है उन्होंने कहा कि इससे बच्चों में वैज्ञानिक सोच पैदा होगी

हमारे संवाददाता ने बताया कि कार्यक्रम में विज्ञान के अध्यापकों और विद्यार्थियों सहित करीब दस हजार वैज्ञानिक और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं बाइट लखनऊ में आयोजित भारत अतंराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसरो आईसीएआर परमाणु ऊर्जा विभाग बॉयो टैक्नोलॉजी कृषि विभाग सहित अन्य विभागों की प्रदर्शनियां लोगों के आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है स्टार्टअप के लगभग दो सौ स्टॉल युवा वैज्ञानिकों को बेहतर प्रेरित कर रहे हैं मुख्य आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित है लेकिन वैज्ञानिक गतिविधियां शहर के अलग अलग स्थानों पर की जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्सव को हरसंभव सहायता देने की घोषणा की है मुलतान सिंह यादव आकाशवाणी सामचार लखनऊ गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार नक्सलवाद को समाप्त करने में सफल रही है नई दिल्ली में शिखर वार्ता में श्री सिंह ने कहा कि नक्सलवाद देश के सामने बड़ी चुनौती है और सरकार किसी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगी बाइट इतनी बात मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि गर्वमेंट के संबंध में जिसको जो कहना है उसकी आइडियोलॉजी उसकी फिलोस्फी डिफरेंस हो सकती है भले ही हम उससे सहमत हों न हो सब चलेगा लेकिन किसी को वायलेंस इस देश में प्रमोट करने की इजाजत नहीं दी जा सकती गूहमंत्री ने कहा कि माओवादी को जड़ से उखाड़ने की जरूरत है और शहरी नक्सलवादी हिंसा भड़काने में लगे हैं श्री सिंह ने कश्मीर की समस्याओं के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया और कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर की स्थिति सुधारने के प्रयास कर रही है

गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने अपराधों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार की जरूरत पर जोर दिया है उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए आध्निकतम हथियार खरीदना जरूरी है

देश की अखंडता पर बढ़ते हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री अहीर ने कहा कि सरकार लोगों की खासकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है श्री अहीर ने लोगों को सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों से आगाह किया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

प्रदेश सरकार ने राज्य को खुले में शौच मुक्त ओडीएफ करने की समय सीमा को बढ़ाकर इकतीस दिसम्बर कर दी है इससे पूर्व पूरे राज्य को खुले में शौच मुक्त करने की समय सीमा तीस नवम्बर निर्धारित की गई थी पंचायती राज्य मंत्री भूपेन्द्र चौधरी ने आज लखनऊ में पत्रकारों को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों का निन्यानवे फीसदी से अधिक क्षेत्र खुले में शौच मुक्त हो चुका है श्री चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विभागीय अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि एक अप्रैल दो हजार सत्रह से चार अक्टूबर दो हजार अट्ठारह के बीच सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ चालीस लाख शौचालयों का निर्माण कराया है और वर्तमान समय में प्रदेश के तीस जिलों के लगभग तिरासी हजार गांव ओडीएफ घोषित हो चुके हैं उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण से डायरिया और तपेदिक जैसी वेक्टरजनित बीमारियों पर नियंत्रण किया गया है श्री चौधरी ने कहा कि शौचालयों के निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा जिसके लिए उसे पिछले दिनों केन्द्र सरकार ने सम्मानित भी किया था

केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बस्ती में रिंग रोड बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है

बस्ती से भाजपा के सांसद हरीश द्विवेदी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि आगामी नौ अक्टूबर को केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वर्षो से प्रतोक्षित रिंग रोड का शिलान्यास करने के बाद अयोध्या से सीतामढ़ी को जाने वाली रामजानकी मार्ग का भी शिलान्यास करेंगे सांसद हरीश द्विवेदी ने बताया कि केन्द्रीय मंत्री ने बस्ती जिले के लिये जनता से जो वादा किया था उस उन्होंने पूरा किया है

हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि भारतीय वायुसेना के इस एयरक्राफ्ट ने हिंडन एयरबेस से आज सूबह उड़ान भरी थी बागपत जिले के बड़ौत तहसील के रंछाड़ गांव के ऊपर से गुजरने के दौरान अचानक एयरक्राफ्ट क्रैश होकर गन्ने के खेत पर गिर गया एयरक्राफ्ट के गिरते ही खेतों में काम कर रहे किसानों में खलबली मच गई